घटना के बाद मुख्यमंत्री ने रायपुर में आपात बैठक लेकर माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सर्चिंग अभियान तेज करने के दिए निर्देश

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई दिल्ली में तपेदिक मुक्त भारत अभियान का किया शुभारंभ वर्ष दो हजार पच्चीस तक टीबी समाप्त करने का लक्ष्य

वहीं दो अन्य जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं घायल जवानों को किस्टारम में प्राथमिक उपचार के बाद हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया है ये सभी जवान सीआरपीएफ की दो सौ बारह बटालियन के हैं यह घटना सुकमा जिले के किस्टारम क्षेत्र में आज सुबह में हई

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुकमा विस्फोट में शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट में श्री सिंह ने कहा कि उन्होंने सीआरपीएफ के महानिदेशक से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त की और उन्हें छत्तीसगढ़ रवाना होने को कहा उन्होंने कहा कि सुकमा में हुआ आईईडी विस्फोट बहुत गंभीर है वे देश की सेवा करते हुए शहीद हुए प्रत्येक सुरक्षाकर्मी को नमन करते हैं गृहमंत्री ने शहीद हुए सुरक्षाकर्मियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की श्री सिंह ने घायल जवानों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की इस बीच राज्यपाल बलरामजी दास टंडन और मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा की है उन्होंने एक बयान जारी कर इस हमले को माओवादियों की कायरतापूर्ण हरकत बताया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायल जवानों का बेहतर से बेहतर इलाज करवाने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने सुकमा में सीआरपीएफ के जवानों पर हुए माओवादी हमले की विस्तार से जानकारी ली और इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सर्विंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए इस बैठक में मुख्यमंत्री के सलाहकार सुनील कुमार मुख्य सचिव अजय सिंह के अलावा पुलिस महानिदेशक एएन उपाध्याय पुलिस महानिदेशक नक्सल ऑपरेशन डीएम अवस्थी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से सीआरपीएफ के महानिदेशक और महानिरीक्षक भी रायपुर पहुंच रहे हैं इस बीच नारायणपुर जिले में सुरक्षा बलों ने कोहकामेटा के सरकारी भवनों में तोड़फोड़ करने वाले तीन जनमिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने कानागांव के जंगल में गश्त के दौरान घेराबंदी कर इन्हें पकड़ा महानदी जल विवाद केंद्र सरकार ने ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच महानदी जल बटंवारे मुद्दे के समाधान के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश एएम खानविलकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यों के महानदी जल विवाद अधिकरण का गठन किया है अधिकरण का मुख्यालय दिल्ली में होगा इसका गठन ओडिशा सरकार की याचिका पर उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद किया गया है स्टेट बैंक बचत खाता भारतीय स्टेट बैंक ने बचत खातों में न्यूनतम औसत राशि न रख पाने वाले लोगों से शुल्क में पचहत्तर प्रतिशत तक कटौती करने की घोषणा की है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में तपेदिक मुक्त भारत अभियान का शुभारम्भ किया यह लक्ष्य वैश्विक स्तर पर निर्धारित समय सीमा से पांच वर्ष पहले प्राप्त कर लिया जाएगा इससे पहले प्रधानमंत्री ने दिल्ली तपेदिक उन्मूलन शिखर सम्मेलन का उदघाटन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष दो हजार तीस तक दुनियाभर में टीबी समाप्त करने का लक्ष्य है लेकिन भारत सरकार इस बीमारी से पांच वर्ष पहले ही छुटकारा पा लेना चाहती है लोक सुराज अभियान प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कल शाम बिलासपुर में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर बिलासपुर और मुंगेली जिलों के विकास कार्यों की समीक्षा की डॉक्टर सिंह ने शासन की विभिन्न ्योजनाओं के प्रचार प्रसार की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि जानकारी के अभाव में जरूरतमंद इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं उन्होंने कहा कि योजनाओं का मैदानी स्तर पर प्रचार प्रसार संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री ने अपने बिलासपुर प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य के प्रचार प्रसार के लिए सौभाग्य रथ और आवास रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया आवास रथ के जरिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की विभिन्न आवासीय योजनाओं की जानकारी दी जाएगी अंबेडकर अस्पताल प्रस्कार राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल और क्षेत्रीय कैंसर संस्थान को सर्वश्रेष्ठ कार्यो के लिए दो राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं नई दिल्ली में दस मार्च को आयोजित समारोह में रायपुर के क्षेत्रीय कैंसर संस्थान को कैंसर के गृणवत्तापूर्ण उपचार के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ संस्थान के रूप में सम्मानित किया गया वहीं क्षेत्रीय कैंसर संस्थान को स्कॉच अवार्ड स्वस्थ भारत गोल्ड पुरस्कार प्रदान किया गया मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने यह सम्मान मिलने पर खुशी प्रकट की है और इसके लिए अस्पताल प्रबंधन तथा कैंसर संस्थान के सभी अधिकारियों डॉक्टरों और कर्मचारियों को बधाई दी संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर एके चंद्राकर और क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रायपुर के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक चौधरी ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस उपलब्धि की जानकारी दी उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल को कचरा प्रबंधन के सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पचास स्वस्थ भारत प्रोजेक्ट का अवार्ड स्कॉच आर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है खेल छत्तीसगढ़ टी ट्रेंटी लीग के मुकाबले आज से नया रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में शुरू हो गए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया पहला मुकाबला क्वींस क्लब वॉरियर और रायपुर सुपर स्मैशर्स के बीच खेला जा रहा है ट्र्नामेंट में सात टीमों के बीच कुल पच्चीस मुकाबले खेले जाएंगे

इस स्पर्धा की विजेता टीम को इनाम के रूप में पंद्रह लाख रूपये दिए जाएंगे वहीं दूसरा स्थान पाने वाली टीम को दस लाख रूपये और तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को पांच लाख रूपये इनाम के तौर पर दिए जाएंगे उधर चंडीगढ़ में आज से ऑल इंडिया सिविल सर्विसेस की कृश्ती स्पर्धा शुरू हो गई है सत्रह मार्च तक चलने वाले इस ट्र्नामेंट में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व तरूण यादव सीताराम वस्त्रकार और शत्र्घन लाल यादव कर रहे हैं वहीं खेल विभाग की ओर से बीस से पच्चीस मार्च तक राजधानी के इंडोर स्टेडियम में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज बैडमिंटन ट्र्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है ट्र्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ की टीम पहले ही घोषित की जा चुकी है इस स्पर्धा में देशभर की पच्चीस से अधिक टीमें भाग ले रही हैं